वे कलराज मिश्र का स्थान लेंगे जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है

बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना से संबंध रखते हैं और सिंकदराबाद सीट से चार बार सांसद और तीन बार केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के बड़े राज्यों के लिए हिमाचल विकास का आदर्श बनकर उभरा है कल शिमला में हिमाचल में गुड विल मिशन पर आए असम के मीडिया प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में उन्होंने ये बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा स्वास्थ्य और बागवानी के क्षेत्रों उल्लेखनीय सफलता हासिल की है इस बीच मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम कार्यालय का दौरा भी किया और प्रदेश के शिल्प कौशल व हथकरघा उद्योग के बारे जानकारी हासिल की इनवैस्टर्स मीट राज्य सरकार द्वारा आज मनाली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए मिनी कनक्लेव का आयोजन किया जा रहा है वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बताया कि कनक्लेव का मुख्य फोकस पर्यटन आयुष वेलनैस सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर रहेगा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कनक्लेव को संबोधित करेंगे

सरवीण चौधरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कांगड़ा जिले में चम्बी से रेहलू शाहपुर सड़क के सुधारीकरण और विस्तार पर पांच करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कल रेहलू में राजकीय प्राथमिक स्कूल के अतिरिक्त मवन के शिलान्यास अवसर पर यह जानकारी दी

इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती व धात्री महिलााओं और शिशुओं के पोषण के बारे जानकारी दी गई अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के शिमला पहुंचने से जुड़ी खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला दैनिक जागरण और आपका फैसला की एक जैसी सुर्खी है नए राज्यपाल बंडारू पहुंचे शिमला आज लेंगे शपथ

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है इस बार रूसा के तहत मिले केवल दो करोड़ वह भी एक ही कॉलेज को इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है कानून विभाग ने वापस भेजा नया ट्रैफिक एक्ट परिवहन विभाग के दस्तावेज में थी खामियां

हिमाचल का पैसा देने से इंकार केंद्र के पाले में गेंद शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है अनुराग ठाकुर के ऊना हमीरपुर रेललाइन के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका केंद्र के पत्र पर प्रदेश सरकार ने दिया जवाब इसी समाचार पत्र के मुताबिक उद्योग स्थापित करने से पहले नहीं लेनी होगी पंचायतों की एनओसी

अमर उजाला की सुर्खी है भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए खोले विजिलेंस के हाथ अब हर केस में नहीं लेनी होगी सरकार से अनुमति